मुख्यमंत्री मुंगेली बिलासपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने के लिए मुंगेली जिले के जरहागांव से सुराजी गांव योजना की शुरूआत की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के सहकारी बैंकों के अल्पकालीन ऋण माफ किए जा चुके हैं अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्ज भी बहुत जल्द माफ किए जाएंगे श्री बघेल ने कहा कि आगामी अप्रैल महीने से बिजली बिल भी आधा हो जाएगा अब नरवा गरूवा घुरूवा बाड़ी योजना पर फोकस करने की बारी है उन्होंने कहा कि किसानों के जीवन में खूशहाली आएगी किसानों को मेहनत का दाम और बेरोजगारों को काम मिलेगा तब छत्तीसगढ़ समुद्व राज्य बनेगा इससे पहले मुख्यमंत्री बिलासपुर के पुरातात्विक स्थल ग्राम ताला में आयोजित ताला महोत्सव में शामिल हए इस मौके पर उन्होंने पांचवीं शताब्दी के देवरानी जेठानी मंदिर में भगवान रूद्र शिव की पूजा अर्चना की माओवादी मुठभेड़ नारायणपुर जिले में आज हुई एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीन से चार माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है इस मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह जिले के बासिंगबहार सोनपुर और कोकमेटा कैम्प से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप डीआरजी और स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ की संयुक्त टीम इरपानार कानागांव और ईरकभट्टी क्षेत्र के लिए रवाना हुई थी इस दौरान हिकमेटा और गोगला के बीच जंगल में पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी जवानों ने जवाबी कार्रवाई की सुरक्षा बलों के अनुसार इस मुठभेड़ में कई माओवादियों को गोली लगी है हालांकि ये माओवादी घने जंगल का फायदा उठाकर अपने घायल साथियों को लेकर भाग गए मुठभेड़ में घायल जवान की स्थिति सामान्य बताई जाती है निर्वाचन आयोग सी विजिल चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों के खिलाफ तत्परतापूर्वक कार्रवाई के लिए अगले क्छ महीनों में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सी विजिल सिटीजन एप्लीकेशन का ट्रेनिंग वर्सन यानी प्रशिक्षण संस्करण शुरू किया है जिला निर्वाचन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार नया एप्लीकेशन पहले से तेज है और लोकेशन भी एकदम सही बताता है गौरतलब है कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग ने सी विजिल एप्लीकेशन का प्रयोग किया था जो कि काफी सफल रहा था यदि किसी व्यक्ति के मोबाइल में इस एप्लीकेशन का प्रान वर्सन इंस्टॉल है तो पहले उसे डिलीट या अनइंस्टॉल करना होगा उसके बाद ही नए वर्सन को इंस्टॉल किया जा सकेगा आयोग ने सभी आम नागरिकों से नया सी विजिल सिटीजन एप्लीकेशन का परीक्षण करने की अपील की है इसका परीक्षण करने के लिए कोई भी फोटो या वीडियो अपलोड किया जा सकता है खेल एमओयू प्रदेश के स्कूलों में विद्यार्थियों के शारीरिक विकास और खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अनिल कुंबले तथा वसंत भारद्वाज के द्वारा संचालित संस्था टेनविक के बीच अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए गए अनुबंध के मुताबिक प्रारंभिक तौर पर प्रदेश के चार जिलों के तीस स्कूलों का चयन किया जाएगा इस पर खर्च होने वाली राशि का वित्तीय प्रबंधन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी हैदराबाद के सामाजिक दायित्व निर्वहन निधि मद सीएसआर से किया जाएगा उल्लेखनीय है कि कक्षा तीसरी से दसवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए तेईस खेलों को चिन्हांकित किया गया है इनमें क्रिकेट टेबल टेनिस बैडमिंटन बास्केटबॉल के अलावा खो खो और कबड्डी भी शामिल हैं चिन्हांकित खेलों में से किन्हीं चार खेलों का चयन विद्यालय प्रमुख द्वारा किया जाएगा आरटीई स्कूल प्रवेश प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया आगामी एक मार्च से शुरू होगी आवेदन तीस मार्च तक स्वीकार किए जाएंगे एक से सत्रह अप्रैल तक आवेदनों के आधार पर स्कूलों में सीटों का आवंटन किया जाएगा इस साल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे राजधानी रायपुर में आठ हजार से ज्यादा सीटों में प्रवेश दिया जाएगा आरटीई के तहत बीपीएल छात्रों को नर्सरी केजी और क्लास वन में प्रवेश दिया जाएगा सभी निजी स्कूलों को अपनी सीटों की संख्या के आधार पर पच्चीस प्रतिशत सीटें आरक्षित रखनी होगी

एक दिन पहले से शुरू हुई कार्रवाई में अब तक खनिज विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने दस पोकलेन मशीन सहित पचहत्तर वाहनों को जब्त किया है यह कार्रवाई राजधानी रायपुर के अलावा रायगढ़ राजनांदगांव और महासमुंद में जिला स्तरीय टीम बनाकर की जा रही है गौरतलब है कि प्रदेश में रेत खनन का जिम्मा जनपद और ग्राम पंचायतों को दिया गया है लेकिन खनन में अनियमितता तथा ज्यादा कीमतों पर रेत की बिक्री की शिकायतें लगातार आ रही थी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खनिज विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने अवैध उत्खनन और परिवहन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं शिक्षाकर्मी जांच राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में नियुक्त सत्रह शिक्षाकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है गौरतलब है कि कुछ दिन पहले लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई को एक पत्र प्राप्त हुआ था उस पत्र के आधार पर डीपीआई ने राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ को जांच का निर्देश दिया है जिन शिक्षाकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू हुई है उन सभी की नियुक्ति वर्ष दो हजार दस में हुई है इन पर आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से संविलियन का लाभ लिया है भाजपा प्रार्थना सभा भारतीय जनता पार्टी देशभर में अपने सभी जिला मुख्यालयों में आज सीआरपीएफ के अमर शहीदों को श्रद्वांजलि देने के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन कर रही है प्रार्थना सभा में भाजपा के निर्वाचित सदस्य और पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं इधर प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है कबीरधाम जिले में अंबेडकर चौक पर आतंकवाद के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई बालोद जिले में भी पुराना बस स्टैंड के पास श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया इस मौके पर जिले के पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल थे राज्य के अन्य जिलों से भी श्रद्दांजलि सभा आयोजित किए जाने की खबर है वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदेश में व्यापार कल बंद रहेगा चेम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट ने बंद को अपना समर्थन दिया है माघी पुन्नी मेला गरियाबंद जिले के राजिम में इस साल त्रिवेणी संगम के तट पर परसों उन्नीस फरवरी से शुरू होने वाले माधी पुन्नी मेला की तैयारियां अंतिम चरण पर है इस बार माधी पुन्नी मेला में छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक छटा के साथ स्थानीय खेलों का भी समावेश होगा पारंपरिक छत्तीसगढ़ की झलक दिखाने मेला स्थल पर प्रशासन द्वारा खास तैयारियां की जा रही हैं संस्कृति और धर्मस्व मंत्री ताम्रध्वज साहू की देखरेख में मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है विभागीय अधिकारियों के मुताबिक इस बार माघी पुन्नी मेले में छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों में पंथी सुआ और करमा नृत्य के अलावा छत्तीसगढ़ी नाचा का भी कार्यक्रम होगा इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले कलाकारों द्वारा दी जाएगी बातों बातों में समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर केंद्रित रहेगा इस योजना और केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए अन्य निर्णयों के बारे में आकाशवाणी समाचार ने बात की राज्य के पूर्व मंत्री और राज्य वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर साहू से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे संक्षिप्त समाचार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज रायप्र सहित प्रदेशभर में आयोजित की गई इस परीक्षा के जरिये राज्य प्रशासनिक सेवा के दो सौ सत्तर पदों पर भर्ती की जाएगी गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय पंथी नृत्य स्पर्धा के लिए राजनादगाव जिले से दो सर्वश्रेष्ठ पंथी नृत्य दलों का चयन किया जाएगा इसके लिए कल पंथी नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई है दुर्ग जिले की छावनी थाना पुलिस ने आज चार किलो गांजा और पचास हजार रूपये के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उधर जांजगीर चांपा जिले के मुड़पार में एक वाहन से दो क्विंटल गांजा बरामद किया गया है